राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी झुंझुनूं बीकानेर और हनुमानगढ में ओलावृष्टि के समाचार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

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा की अध्यक्षता में कल राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की मौजूदा स्थिति और प्रगति की समीक्षा की गई

कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को टीके लगाने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का परार्मश दिया उन्होंने राज्यों से अगले तीन महीनों के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त हुई वैक्सीन के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी जारी की है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से राज्य को जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके उपलब्ध कराने की अपील की है

सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कल संसद भवन में कोविड टीके की पहली खुराक ली

करौली जिले में टीकाकरण के मौजूदा चरण में आज उपखण्ड मुख्यालयों पर टीके लगाए जाएंगे

इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं बीकानेर में कल मंगल टीका जागरूकता रथ रैली निकाली गई

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौ वीं जयंती वर्ष के आयोजन के बारे में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी

उन्होंने कल मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम स्तर तक समितियों के गठन और विभिन्न स्तर पर टेण्डर प्रकिया के काम समय पर पूरे किए जाएं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गर्मी के दिनों में पेयजल आपूर्ति के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए

कल झुंझुनूं के सूरजगढ़ और पिलानी क्षेत्र में और हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि के समाचार हैं जिससे चने और सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका है